जनता की कठिनाई कम करने के लिए क्छ और गतिविधियों की अन्मति दी गई है

सरकार ने कहा है कि खेती बाड़ी सहित सभी कृषि और बागवानी गतिविधियों कृषि उत्पाद की खरीद में लगी एजेंसियों कृषि उपज समिति के कार्य और क़षि मशीनरी की द्कानों को इस दौरान पूरी तरह काम करने की अन्मति होगी दो चालकों और एक हेल्पर के साथ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवगमन की भी अन्मति होगी चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए माल लादने के लिए और माल उतारने के बाद खाली ट्रक ले जाने की भी अन्मति होगी सभी वित्तीय संस्थाएं और स्वास्थ संबंधी सेवाएं पूरी तरह काम करेंगी विनिर्माण थोक या ख्दरा बिक्री जैसी आवश्यक वस्त्ओं की समूची आपूर्ति श्रंखला काम करेगी ऐसी गतिविधियों से जुडे स्थानीय स्टोर बड़े स्टोर या ई कॉमर्स कंपनियों को भी काम करने की स्वीकृति दी जानी चाहिए लेकिन ऐसा करते समय सामाजिक द्री बनाये रखने के नियम का पालन करना होगा

विभाग ने सूचित किया है कि इस बंद का लोअर दिवांग वैली लोहित नामसाई और नामसाई जिले से ज्ड़ी चांगलांग जिले के क्छ हिस्सों के बिजली आपूर्ति पर प्रभाव पड़ेगा

म्ख्य मंत्री पेमा खांडू ने नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की विडियों कांन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हई इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि प्रदेश के बाहर रहने वाले लोगों की सहायता के लिए स्थानीय विधायक और सभी हितधारको से सलाह मश्वरे के बाद जिला उपाय्क्त डी बी टी माध्यम से इस सहायता राशि को उनके बैंक खाते में भेजेंगे राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश से बाहर फंसे हए लोगों के लिए रेजिस्ट्रेशन की तिथि उन्नीस अप्रैल तक बढ़ा दी है जो लोग ग़गल डॉक शीट पर किन्ही कारणों से अपने रेजिस्ट्रेशन नहीं कर पायेंगे वे संबंधित जिला उपायुक्त या विधायक से संपर्क कर सकते है

केंद्र सरकार ने पूर्णबंदी को देखते हए इस सम्बंध में अधिसूचना जारी की है विस्तारित अवधि के दौरान बीमा का लाभ मिलता रहेगा और दावों का भ्गतान भी स्निश्चित होगा